देशभर में परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है छठ पर्व शाम को श्रद्वालू देंगे सूर्य को अर्घ्य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

प्रदेश में कल कोरोना संकमण के रिकॉर्ड ढाई हजार से ज्यादा मामले सामने आए

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान सहित चार राज्यों में उच्च स्तरीय केन्द्रीय दलों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा है नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल राज्य के लिए बनाई गई तीन सदस्यीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं ये टीमें उन जिलों का दौरा करेगी जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं यह दल संकमण को रोकने तथा नियंत्रण के उपायों और कुशल चिकित्सकीय प्रबंधन में राज्य सरकार की मदद करेगा

आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रेखंला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश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

इसके अन्तर्गत कोविड योद्वाओं के आश्रितों को शामिल किया गया है इनके लिए पांच सीटें आरक्षित की गई हैं

इसके लिए मुख्यमंत्री ने उचित मूल्य दुकान आवंटन नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है

गौरतलब है कि जनघोषणा पत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत महिलाओं को दुकान आवंटन में आरक्षण देने की घोषणा की गई थी

इन पुरस्कारों के लिए समारोह का आयोजन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने ऑनलाइन किया था इस मौके पर श्री शेखावत ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कारण साफ सफाई के लिए जन आंदोलन के जरिए ग्रामीण भारत में सकरारात्मक बदलाव आया है

आज शाम श्रद्वालू सूर्य को अर्घ्य देंगे चार दिन का यह उत्सव कल उगते सूरज को अर्घ्य के साथ सम्पन्न होगा छठ पर्व के अवसर पर लोग उर्जा के देवता सूर्य की उपासना करते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है

प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं